गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तीन मई तक सभी तरह के सार्वजनिक परिवहन के संचालन पर रोक रहेगी शैक्षणिक संस्थान कोचिंग केन्द्र सिनेमाघर मॉल्स शोपिंग कॉम्पलेक्स खेल परिसर और स्विमिंग पूल सहित सभी सार्वजनिक स्थल तीन मई तक बंद रहेंगे नये दिशा निर्देशों के अनुसार सभी सामाजिक राजनीतिक धार्मिक तथा अन्य तरह के समारोहों पर पाबंदी जारी रहेगी और सभी तरह के धार्मिक स्थल भी जनता के लिए बंद रहेंगे गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल लॉकडाउन की अवधि तीन मई तक बढाने की घोषणा की थी प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढकर एक हजार चौंतीस हो गयी है

जयपुर के बाद प्रदेश में कोरोना संकमण के लिहाज से जोधपुर बांसवाडा टोंक व कोटा सर्वाधिक संवेदनशील जिले बने हुए है इन जिलो में कोरोना संक्रमितों की तादाद लगातार बढ रही है राजधानी जयपुर न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना से बचाव के लिए जयपुर में युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए हैं कोरोना संकमण को लेकर कल शाम आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को क्वारेंटीन किये जाने वाले लोगों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करान्न के निर्देश दिए

इस दौरान मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कपर्यू को और सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए प्रदेश में राशन और खाद्य सामग्री वितरण की भी समीक्षा की

लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के साथ ही जरूरतमंदों को आवश्यक सामग्री पहुंचाने का कार्य विभिन्न विभाग मिलकर कर रहे है

पाली में लॉकडाउन की बढी हुई अवधि को देखते हुए जिला कलक्टर ने अन्य जिलों से आने वाले लोगों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें क्वारेन्टीन सेंटर में रखने के निर्देश दिए है

राज्य की कृषि उपज मंडियों में भी आज से फसलों की खरीद शुरू हो रही है सहकारिता विभाग के प्रमुख शासने सचिव नरेश पाल गंगवार ने आकाशवाणी को बताया कि मंडियों में सीमित मात्रा में किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बुलाया जा रहा है